राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने श्रीनगर में लोगों को आश्वासन दिया है कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है वे कश्मीर घाटी के स्थानीय निवासियों के बीच विश्वास बहाली के लिए कश्मीर पहुंचे थे

श्रीनगर में कुछ दुकाने खुली और सड़कों पर लोगों का आवागमन जारी रहा इस दौरान सुरक्षा बलों ने पांच र्सा से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है जिसमें राजनीतिक नेता और कार्यकर्ता शामिल हैं जम्मू संभाग के बनिहाल को छोड़कर सभी स्थानों पर लगे प्रतिबंधों में लोगों और वाहनों को सुबह दस बजे से शाम चार बजे तक ढील दी गई है हालांकि जम्मू संभाग में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे

एक उच्चस्तरीय की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने भारत के उच्चायुक्त अजय बिसारिया को वापस भेजने का भी निर्णय लिया पाकिस्तानी विर्देश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक पाकिस्तान भारत में अपना उच्चायुक्त नहीं भेजेगा

इसे देश के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है

शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने बताया कि इन प्रतियोगिताओं में पहले तीन स्थान पर आने वाले विद्यार्थियों को स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन में सम्मानित किया जाएगा

सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग के संचिव आलोक ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इससे बुनकरों को नए नए बाजार और अपने उत्पादों की अच्छी कीमत मिल सकेगी वे कल राष्ट्रीय हैण्डलूम दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय बुनकर पुरस्कार समारोह को संबोधित कर रहे थे

इस अवसर पर चिकित्सा विभाग आज से कृमि उन्मूलन अभियान आयोजित कर रहा है

श्री डोटासरा ने कल झंझनू जिले के कोलसिया गांव में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि पिछली सरकार ने राजनीतिक दुर्भावना के चलते शिक्षकों को दूर दूर भेजकर प्रताड़ित किया था जिन्हें राहत देने का निर्णय किया गया है उन्होंने कहा कि शिक्षकों को अब चाहे स्थानांतरण की बात हो या फिर अन्य समस्याओं की उसके लिए विभाग के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे ऑनलाइन आवेदन आने के बाद उनका प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाएगा

कल परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खांचरियावास और महापौर विष्णु लाटा ने इन मशीनों को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया

इन मशीनों के आने से सीवर जाम की समस्या का तुरन्त निपटारा हो सकेगा साथ ही नालों और निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति में उसे तुरन्त खाली किया जा सकेगा

इन मशीनों के आने से प्रत्येक जोन को एक मशीन उपलब्ध होगी

इसके लिए मत्स्य विभाग ने कई योजनाएं बनानी शुरू कर दी है

मत्स्य विभाग आदिवासी मछुआरों को आरक्षित राशि पर जलाशय आवंटन करने के लिए नियमों में संशोधन की प्रकिया भी शुरू कर चुका है

ये दोनों युवक पंजाब के रहने वाले हैं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है

मौसम विभाग के निदेशक शिव गणेश ने आकाशवाणी को यह जानकारी देते हुए बताया कि अब तक अलवर बीकानेर जैसलमेर जालौर और श्रीगंगानगर में सामान्य से कम वर्षा हुई है इधर कल बूंदी जिले के गुडानाथावतान कस्बे सहित नीम का खेड़ा उलेडा और कालदा के जंगलों तथा भीमलत उपरमाल क्षेत्र में कल साढ़े तीन घंटे हुई मूसलाधार बारिश से क्षेत्र के सभी बांध और तालाब लबालब भर गए हैं नदी नालों में उफान आने से बूंदी भीलवाड़ा मार्ग बाधित हो गया भीमलत बांध पर तीन इंच हुई जबकि अभयपुरा बांध पर दो फीट की चादर चलने लगी